केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो कागज रहित बजट पेश करेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता सेः वित्तमंत्री सुरेश खन्ना आज उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट सुबह ग्यारह बजे पेश करेंगे इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर किया जायेगा बजट के मुख्य बिदुओं को विघानमंडल के सभी सदस्यों के आईपैड पर उपलब्ध कराया जायेगा और सदन में दो विशील स्क्रीनों पर भी ये मुख्य बिंदु प्रदर्शित किये जायेगां इस वर्ष का बजट उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगा जिसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कियाजा सकेगा इसके साथ ही सदन में वित्तमंत्री द्वार पेश किये जाने के तुरंत बाद बजट आम लोगों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध हो जायोगा

उन्होंने इस अवसर पर ई कवच मोबाइल एप्लीकेशन भी लांच किया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाने तथा उपचार के लिए अनेक योजनाए संचालित की जा रही हैं उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो में प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर विभागीय समन्वय के माध्यम से इसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है उन्होंने कहा कि इस बीमारी से राज्य में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती थी मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद विशेष अभियान चलाकर जापानी इसेफेलाइटिस और एक्यूट इसेफेलाइटिस पर नियंत्रण के प्रयास किये गये इसके फलस्वरूप इस बीमारी पर पच्चहत्तर प्रतिशत से अधिक तथा इससे होने वाली मृत्यू पर पंचान्नबे प्रतिशत तक नियंत्रण किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मवती महिलाओं और नवजात शिश्ओं के समय से टीकाकरण से विभिन्न बीमारियों से बचाव संभव है इससे शिश् और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है इस संबंध में व्यापक जागरूकता आवश्यक है उन्होंने कहा कि ई कवच मोबाइल ऐप के माध्यम से जेई टीकाकरण से छूटे बच्चों को चिन्हित कर टीकाकरण करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए टेलीमेडिसिन तथा टेलीकसलटेशन का भी उपयोग किया जाये कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि खुशहाल परिवार दिवस के अवसर पर प्रत्येक माह की इक्कीस तारीख को नव दम्पत्तियों को उनके स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जागरूक किया जाता है

एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी शामिल हुए श्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया दिनभर चली इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषि कानूनों तथा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा की गई बैठक में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया इसमें कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की गई है इस प्रस्ताव में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उनके प्रयासों को भी सराहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों पर पच्चीस हजार से अधिक पुल और पुलियों के जीर्णोद्वार एवं नवनिर्माण के लिए महाभियान का कल शुभारंभ किया अपने आवास से इस महाभियान का श्भारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सौ दिन के अंदर क्षतिग्रस्त पुल पुलियों का पुनर्निमाण गुणवत्ता के अनुरूप कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नहरों पर लगभग सत्तर हजार से अधिक पुल और पुलिया निर्मित हैं इनमें से इक्कीस हजार पांच सो बयालीस पुल पुलियों का जीर्णोद्वार तथा तीन हजार से अधिक पुल पुलियों का पुनर्निमाण किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरयू नहर परियोजना मध्य गंगा नहर परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि विगत वर्षो में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और किसानों के हित में नहरों पर पुल पुलियों का जीर्णोद्वार कराया जा रहा है

उन्होंने कहा कि हनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है श्री सिंह ने कहा कि हुनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है श्री सिंह ने यह भी कहा कि यह हाट कलाकारों की कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाती है इससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाने के मामले में नित नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बताया कि पिछले चौबीस घंटे में चार लाख बत्तीस हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड़ दस लाख पचासी हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा च्का है देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर सत्तानबे दशमलव दो पांच है पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के चौदह हजार दो सौ चौसठ नये मामले सामने आए इस समय मरीजों की संख्या लगभग एक लाख पैंतालिस हजार है जो कुल मरीजों का एक दशमलव तीन दो प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई नव्वे मौतों को मिलाकर अब तक एक लाख छप्पन हजार तीन सौ दो लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कडी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था

इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार दिव्यांगजनों की दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अन्तर्गत यह सहायता राशि स्वीकृत की गई है योजना का लाभ पाने के लिए जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी कार्यालय तथा निदेशालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है